हरियाणा प्लिस द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनज़र स्रक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हरियाणा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर पंचक्ला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने वार्षिक कैलेंडर और ऋत् चक्र के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे एक प्स्तिका का विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अधिकारों की बजाय कर्त्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस दिखाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को अपने पुरस्कारों और उपलब्धियों तक की सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हमेशा यह सोचना चाहिए कि उन्होंने अभी भी देश के विकास में और योगदान डालना है मालूम हो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न क्षेत्रो में उतकृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और बच्चों के लिए बेसिाल कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रयासों को पहचान देना है ये प्रस्कार नवाचार समाज सेवा कला व संस्कृति खेल और बहादुरी के क्षेत्रों में दिये जाते है इस प्रस्कार में एक पदक एक लाख रूपये का नकद इनाम प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसो आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपना विचार सांझा करेंगे

इस बार यह कार्यक्रम शाम छ बजे प्रसारित किया जायेगा

उन्होंने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार सांझा करने के लिए आंमत्रित किया है जिनकों प्रधानमंत्री दवारा मन की बात कार्यक्रम में सम्बोधित किया जाना चाहिए

रिकार्ड किये गये क्छ संदेश प्रसारण का हिस्सा बन सकते है

श्री विज जो दोनों पार्टियो द्वारा न्यूनतम सांझा कार्यक्रम को लकर गठित की गई तालमेल समिति के अध्यक्ष भी है ने कहा कि दोनों पार्टियां लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कृत संकल्प है इसलिए दोनों ही पार्टियो के घोषणा पत्रों पर गहनता से विचार किया जा रहा है उन्होंने बताया कि अब तक की बैठकों में घोषणा पत्रों में किये गये वायदों का आर्थिक व कानूनी पहल्ओं से मंथन किया गया है और इनका विस्तृत आर्थिक मूल्यांकन करने को कहा गया है

उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने एसवाईएल में पंजाब सरकार और पंजाब के राजनीतिक दलों के रूख की निंदा की है सिरसा पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसवाईएल पर पंजाब सरकार का रूख अति निंदनीय है उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय और संविधान से ऊपर नहीं है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सर्वोच्च न्यायालय के हस्ताक्षेप का इंतजार कर रहा है उच्चतम न्यायालय के हस्ताक्षेप के बाद ही हरियाणा को उसके हिससे का पानी मिल सकेगा

जेजेपी विधायक राजक्मार गौतम द्वारा किये जा रहे राजनीतिक हमलों पर द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि यह संगठन का आंतरिक मामला है और संगठन ही इस पर निर्णय लेगा

प्रदेश में जल्द डाक्टरों की भर्ती श्रू होगी आज छावनी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रकिया पर मंथन चल रहा है जल्द ही इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा एस वाइ एल पर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते ह्ये श्री विज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयहरियाणा के हक में आया है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने से कोई इंकार नहीं कर सकता फैसले को लागू कराने के लिए याचिका डाली हुई है हरियाणा पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था श्री नवदीप सिंह विर्क ने पंचकूला में बताया कि सभी जगह प्लिस बल की तैनाती की गई है प्लिस दवारा संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है प्रे राज्य में प्लिस गश्त बढ़ा दी गई है और प्लिस दलों को रात की गश्त के दौरान सर्तक रहने को कहा गया है

देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया

हरियाणा में आज इस अवसर पर पंचक्ला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में विशेष तोर पर पहंची हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्रीकमलेश ढांडा ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं व बालिकाओं के लिए बहतसी कि योजनायें चलाई जा रही है जिससे बालिकायें आत्म निर्भर और स्वावलम्बी बन रही है

लोग आज बेटियो के जन्म पर ख्शी का इजहार करने लगे है उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक ही छत के नीचे वन स्टोप केन्द्र चलाये जा रहे है जिससे घरेल् हिंसा से पीडित महिलाओं को मदद मिली है मंत्री ने आहवान किया कि सभ्य समाज की नींव का मजबूत करने के लिए बेटियों को शिक्षित करने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में आगे बढ़ाया जाये तभी वे विश्व में परिवार व देश का परचम लहराने में योगदान दे सकती है इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉक एन थोन का आयोजन भी किया गया और विजेता महिला खिलाड़ियों को प्रस्कार प्रदान किये गये श्रीमती ढांडा ने इस मौके पर वार्षिक कैलेंडर एवं ऋत् चक्र के परेशान महिलाओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया समारोह में स्रक्षित बालिका विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पलवल में भी स्वास्थ्य विभाग दवारा आज एक जागरूकता रैली निकाली गई उपमंडल अधिकारी जितेंद्र सिंह ने रैली को रवाना किया रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर लोगों का जागरूक किया गया इस अवसर पर नागरिक अस्पताल में एक न्क्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया

साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी ठहारये जाने के बाद पंचक्ला में भड़की हिंसा के एक मामले में आज गवाहों की सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि मामले में गवाह नारंग राम गवाही के लिए म्ख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं पहंचा हमारी संवाददाता ने बताया कि मामले की आरोपी हनीप्रीत व अन्य आरोपी और गवाह विनोद क्मार अदालत में पेश हये लेकिन एक आरोपी राकेश इंसा और गवाह नारंग राम के न पहंचने के कारण अदालत में मौजूद गवाह विनोद क्मार के भी बयान दर्ज नहीं किये गये